कोविड जागरूकता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कोविड महामारी की रोकथाम संबंधी समुचित व्यवहार के बारे में ट्वीटर के माध्यम से जन आंदोलन का शुभारम्भ किया आने वाले त्यौहारों और सर्दियों तथा आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत को देखते हुए यह जन आंदोलन चलाया जा रहा है श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में लोगों से कोरोना संक्रमण से संघर्ष में एकजुट रहने की अपील की उन्होंने हमेशा मास्क लगाने हाथों की साफ सफाई रखने और दो गज की दूरी के नियम का पालन करते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड से संघर्ष एक जन आंदोलन है और इसे कोविड योद्वाओं के समर्पण से शक्ति मिली है उन्होंने कहा कि हमारे सामूहिक प्रयासों से अनेक लोगों की जान बचाई जा सकी है

केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस अभियान में समाज के सभी वर्ग के लोगों को शामिल किया जायेगा

लोकार्पित सड़कों में उप चुनाव वाले जिलों की सड़कों को इसमें शामिल नहीं किया गया था इस दौरान श्री चौहान ने कोरोना काल में बनी ग्रामीण सड़क कार्यो की सराहना करते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका के लिए बधाई दी श्री चौहान ने कहा कि सड़कों के निर्माण से आम लोगों की जिन्दगी बदलती है कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्राम पंचायतों स्व सहायता समूहों ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने भागीदारी की

बैतूल जिले के घोड़ाडोंगरी में बनी सड़कों का लोकार्पण किया गया

इसके अलावा बसपा भी चुनावी रण में है और उसने लगभग दो दर्जन सीटों पर प्रत्याशी अभी तक घोषित किए हैं

हालांकि इनमें मास्क सैनेटाइजर का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा उपचुनाव प्रचार चुनाव को लेकर प्रशासिनक और राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों पर है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए खंडवा जिले के मांधाता पहुंचे यहां उन्होंने बृथ स्तर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया वहीं श्री चौहान ने सावेर में पार्टी प्रत्याशी सिलावट के पक्ष में रैली की भाजपा के राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुरैना में पार्टी के प्रत्याशी रघुराज कंषाना के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया केन्द्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत आगामी रविवार को आगरमालवा में आयोजित मंडल सम्मेलन में शामिल होंगे उधर कांग्रेस की ओर से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमल नाथ लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने सावेर में पार्टी प्रत्याशी प्रेमचंद्र गुड्डू के समर्थन में प्रचार करने पहुंचें कांग्रेस ने गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को चैतुआ बताने वाले बयान पर पलटवार किया है

जिसमें लोगों को मास्क लगाने हाथ धोने और दो गज की दूरी के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है भोपाल के क्रिकेट खिलाड़ी बृजेश द्विवेदी ने लोगों से मास्क लगाने की अपील की है